सीबीआई सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय ने केन्द्रीय सतर्कता आयोग सीवीसी को निर्देश दिये है कि केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के निदेशक आलोक कुमार वर्मा और विशेष निदेशक राकेश अस्थाना पर लगे आरोपों और प्रत्यारोपों की जांच दो सप्ताह में करें कोर्ट ने पूर्व न्यायाधीश ए के पटनायक को इस जांच प्रकिया की निगरानी करने की जिम्मेदारी सौपी है श्री पटनायक उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं गौरतलब है कि सीबीआई के निदेशक आलोक कुमार वर्मा ने उन्हें छुट्टी पर भेजने के सरकार के फैसले को चुनौती चुनौती देते हुये एक याचिका दायर की है इसपर भी उच्चतम न्यायालय ने सीबीआई सीवीसी और केन्द्र से जवाब मांगा है कांग्रेस प्रदर्शन केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के प्रमुख आलोक वर्मा को हटाए जाने के विरोध में आज कांग्रेस द्वारा देश भर में सीबीआई दफ्तरों के बाहर प्रदर्शन की श्रृंखला में पार्टी ने भोपाल में सीबीआई कार्यालय तक पैदल मार्च किया पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी और पार्टी प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी की अगुवाई में कांग्रेस कार्यकर्ता स्थानीय हबीबगंज पुलिस थाने से सीबीआई कार्यालय तक पैदल मार्च करते हुए पहुंचे कांग्रेस के प्रदर्शन को देखते हुए सुबह से ही सीबीआई कार्यालय पर पुलिस का सख्त पहरा था पुलिस ने यहां आज विशेष बैरीकेड लगाए हुए थे

बसपा के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप अहिरवार और प्रदेश प्रभारी रामअचल राजमर के नाम से जारी इस सूची में पचास उम्मीदवारों के नाम है निर्वाचन आयोग संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी राजेश कौल ने प्रिन्टिंग प्रेस संचालकों और मालिकों की बैठक में निर्देश दिये हैं कि आदर्श आचरण संहिता लागू होने के साथ ही देश की अखण्डता को प्रभावित करने वाली और धार्मिक भावना भड़काने वाली बाते न छापी जायें उन्होंने कहा कि राजनैतिक प्रचार प्रसार के पम्पलेट पोस्टर बैनर छापने के पूर्व लिखित में आवेदन लें और पम्पलेट पर मुद्रक प्रकाशक और संख्या का अनिवार्यता से उल्लेख करें श्री कौल ने कहा कि प्रिन्टिग के दौरान यह भी ध्यान रखा जाए कि कोई व्यक्ति किसी ऐसे निर्वाचन पम्पलेट पोस्टर मुद्रण नहीं करेगा जिसमें मुख्य पृष्ठ पर प्रकाशक का नाम या पता नहीं लिखा हो सतना मतदाताओं सतना जिले में विधानसभा निर्वाचन की तैयारियां जोर शोर से चल रही है स्वीप के तहत मतदाताओं को मतदान के लिए जागरुक करने के लिए कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं

यह प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों द्वारा किया जायेगा

चुनाव खर्च की निगरानी के बारे में हुई समीक्षा बैठक में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि स्वतंत्र और पारदर्शी चुनाव कराने के लिए सभी प्रकार के एहतियाती कदम उठाए जाने चाहिए आयोग ने यह निर्देश भी दिये है कि वाणिज्यिक और निजी विमानों से आने वाले यात्रियों के समान की जांच खासतौर पर की जाये

भोपाल केन्द्र से युवा कलाकार शिरान खान को सारंगी वादन में प्रथम और अनंत गुंदेचा को शास्त्रीय संगीत ध्र्पद धमार गायन में विशेष पुरस्कार मिला है आकाशवाणी द्वारा युवा प्रतियोगियों को खोजने और प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से हर साल से ये प्रतियोगिता आयोजित की जाती है आरोपी इंदौर में दो करोड़ रुपए के सोने की बिस्किट के साथ पकड़ गए दो आरोपियों को रिमांड पर भेज दिया गया है

प्रतिमा चोरी छतरपुर जिले में ओरछा रोड थाना क्षेत्र स्थित एक जैन मंदिर से भगवान पारसनाथ की प्रतिमा चोरी हो गयी है पुलिस ने बताया है कि कल रात अज्ञात बदमाशों द्वारा महेवा गांव के एक जैन मंदिर से चार सौ वर्ष पुरानी भगवान पारसनाथ की अष्टधातु की मूर्ति के अलावा छत्र और चांदी का सिंहासन भी चोरी कर लिया गया डेंगु शिवपुरी जिले में डेंगू की रोकथाम के प्रयास किए जा रहें हैं इसके तहत जिला प्रशासन स्वास्थ्य विभाग और नगर पालिका के अधिकारियों और कर्मचारियों की छब्बीस टीमें इस कार्य में जुटी हुईं हैं जो घर घर जाकर डेंगू के लारवा पनपने नहीं देने की जानकारी लोगों को दे रही हैं टीम लोगों को इससे बचाव के उपाय भी बता रही है

इनमें लगभग छह हजार छह सौ तेईस घरों में इसका लारवा मिला

इसके अलावा यहां जिन स्कूलों में डेंगू का लारवा मिला है वहां भी कार्रवाई की जा रही है शंकर व्याख्यान माला भोपाल के मिंटो हॉल में आज शाम शंकर व्याख्यान माला का आयोजन किया जायेगा आचार्य शंकर सांस्कृतिक एकता न्यास द्वारा आयोजित इस व्याख्यान माला में स्वामी सम्वित सोमगिरी का उदबोधन रहेगा इसके अलावा अद्वेत अकादमी के आचार्य डाक्टर के अरविन्द राव का उदबोधन और कर्नाटक के विख्यात गायक कमार पणिक्कर का गायन होगा